इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थी के परिवार की सालाना आय आठ लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिये

तभी वह इसका लाभ ले सकेगा बताया जाता है कि केन्द्र सरकार अगले एक हफ्ते में इस कानून से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रूप देगी ग्रू गोविंदसिंह जयंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिखों के दसवें धर्म गुरू गुरू गोविन्दसिंह की तीन सौ इक्यानवीं जयंती पर आज उनकी स्मृति में साढ़े तीन सौ रूपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि गुरू गोविंद सिंह का व्यक्तित्व अनेक विधाओं का संगम था वे शान्ति के प्रबल समर्थक थे वहीं अन्याय के विरूद्व उनका कड़ा रूख भी था मानवता की रक्षा के लिये उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार के प्रयासों से करतारपुर गलियारे का निर्माण किया जा रहा है जिससे श्रद्धालु अब वहां जाकर अरदास कर पायेंगे कुम्भ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक समागम कुम्भ के शुरू होने में अब केवल दो दिन शेष हैं पन्द्रह जनवरी को मकर सक्रांति के दिन से शाही स्नान के साथ कुम्भ की शुरूआत हो जायेगी देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्वालु यहां पहुंच गये हैं उत्तरप्रदेश सरकार ने कृम्भ के दौरान श्रद्वालुओं के स्नान ठहरने और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये हैं प्रयागराज के निकट एक बड़े भू भाग में श्रद्वालुओं के ठहरने के लिये अलग से एक नगर विक्सित किया गया है

पूरे कुम्भ क्षेत्र में साफ सफाई के लिये करीब बीस हजार कर्मचारी तैनात किये गये हैं सीएम बधाई मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देशवासियों को मकर संकांति पोंगल और लोहड़ी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने अपने संदेश में कहा कि अनेकता में एकता हमारी शक्ति है उत्सवधर्मिता भारतीय समाज की विशेषता है श्री कमलनाथ ने कहा कि इन त्यौहारों का संबंध फसल आने की ख्शी से है इसलिये इस मौके पर किसान भाईयों को विशेष रूप से बधाई देते हैं मुख्यमंत्री ने नागरिकों के सुखमय जीवन की कामना करते हुए प्रदेश अब सबके सहयोग और समर्थन से हरक्षेत्र में नई उड़ान भरने के लिये तैयार है शिवराज बयान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में पार्टी को विजय दिलाना उनकी मुख्य प्राथमिकता होगी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाये जाने के बाद आज भोपाल में जिला भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि पार्टी प्रदेश में जनता के मुद्दों पर सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किये जायेंगे उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाये जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का आभार व्यक्त किया इस कार्यक्रम में सांसद आलोक संजर और जिला अध्यक्ष सुरेन्द्रनाथ सिंह भी मौजूद थे कुषि संसद कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा है कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है किसाना हितैषी योजनाएं और नीतियां बनाकर उनका प्रभावी कियान्वयन किया जायेगा इसके लिये किसानों कृषि विशेषज्ञों से सुझाव भी लिये जायेंगे इंदौर में आज हुई किसान संसद में श्री यादव ने यह बात कही इस कार्यक्रम में इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों के प्रगतिशील किसानों जनप्रतिनिधियों और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया श्री यादव ने अपने पिता पूर्व मंत्री स्व सुभाष यादव का स्मरण करते हुए कहा कि किसानों के हित में किये गये उनके कामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता उन्होंने कहा कि किसानों का उत्थान मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है श्री यादव ने कहा कि सरकार कृषि का लागत मूल्य कम करने उन्हें फसल के वाजिब दाम दिलाने और किसानों को कर्ज के दलदल से मुक्त करने के लिये ठोस कदम उठाएगी इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण यादव ने मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा लिये गये किसानों के कर्ज माफ करने के निर्णय को एतिहासिक बताया कृषि विशेषज्ञ देवेन्द्र शर्मा बीएम सिंह और पूर्व महा अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर ने भी कृषि संसद को संबोधित किया

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन देख सकते हैं इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं उज्जैन मोहन्ती मुख्य सचिव एस आर मोहन्ती ने आज उज्जैन में मकर संकांति की व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होंने इस दौरान त्रिवेणी और रामघाट पहुंचकर वहां की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन किया साथ ही अधिकारियों से जल उपलब्धता की जानकारी ली इससे पहले कल प्रमुख सचिव संजय दुबे ने भी मकर संकान्ति पर होने वाले स्नान और जल प्रबंधन की समीक्षा की थी गौरतलब है कि शनिश्चरी अमावस्या पर श्रद्धालुओं को कीचड़युक्त पानी से स्नान करना पड़ा था जिस पर सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्जैन कलेक्टर और संभागायुक्त को हटा दिया था ऐसे में प्रशासन मकर संकान्ति पर आने वाले श्रद्वालुओं के लिए माकूल इंतजाम में लगा हुआ है सिसोदिया निर्देश श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जनता की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समय सीमा में निराकरण किया जाये उन्होंने कहा कि समस्याओं के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी उन्होंने आज गुना में अपने निवास पर जनसुनवाई की इस अवसर पर श्री सिसोदिया ने आवेदकों से चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने को कहा है विद्युत बैठक विद्युत कम्पनियों की योजनाओं और कार्यप्रणाली की जानकारी देने के लिये विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालक विधायकों के साथ बैठक करेंगे

बैठकों में विधायकों को राज्य में विद्युत वितरण कम्पनियों के नेटवर्क के साथ साथ कॉल सेन्टर ऑनलाइन भुगतान कृषि पम्प योजना विद्युत वितरण प्रणाली और उपभोक्ताओं तक बिजली पहुँचाने की तकनीक के बारे में भी जानकारी दी जायेगी

कार्यकम का मुख्य उद्वेश्य लोगों को मताधिकार के प्रति प्रोत्साहित करना है प्रकाश पर्व गुरू गोविंदसिंह का प्रकाश पर्व आज प्रदेशभर में धूमधाम से मनाया गया इस अवसर पर राजधानी भोपाल में गुरूद्वारों को आकर्षक ढ़ंग से सजाया गया कीर्तन और अरदास के बाद लंगर भी वितरित किया गया राज्य के जबलपुर रीवा इंदौर उज्जैन रतलाम और ग्वालियर में भी प्रकाश पर्व ध्रमधाम से मनाया गया शहडोल में इस अवसर पर आज रात गुरू गोविंदसिंह की कथा का भी वाचन किया जायेगा मौसम प्रदेश में लोगों को ठंड से मामूली राहत मिली है

वहीं चंबल और ग्वालियर संभाग में बादल छाये रहने और कोहरे के आसार हैं